इसके तहत उन्होंने आज देवली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी अरविंद कुमार के समर्थन में महिला सम्मेलन को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनाने के जरूरत है जयराम ठाकुर ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास की राह पर दिल्ली भी शीर्ष पर पहुंचेगी जावडेकर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को वृक्षारोपण के लिए सात अरब डॉलर की राशि जारी की है

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया

स्वास्थ्य विभाग ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान की गई नारेबाजी पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता है उन्होंने कहा कि युवा नेताओं से हर वर्ग को देश और समाज हित में कुछ नया करने की उम्मीद रहती है जबकि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है पाटिल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है और सरकार के उच्च पदों पर बैठे नुमाईदो को इस बारे में विचार करना चाहिए पवन काजल कांगड़ा से विधायक पवन काजल ने कहा है कि विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद अधिकारी विकास कार्यो के निर्माण में आनाकानी कर रहे हैं वे आज कांगड़ा में खोली गांव से आए एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ इस संबंध में चर्चा कर रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव की सलाह दी है मौसम प्रदेश के जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कुल्लू चम्बा मंडी और शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में कल रात भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है हालांकि आज दिनभर अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहे और समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी बर्फबारी के बाद अब हिमखण्ड गिरने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है

जिले में प्रभावित बिजली आपूर्ति को भी सुचारू बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है उपायुक्त गोपाल चंद ने भारी हिमपात को देखते हुए लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित प्रसिद्व पर्यटक स्थल कुफरी व नारकंडा सहित खड़ापत्थर में भी हिमपात हुआ है ऊपरी शिमला पिछले कल से राजधानी से पूरी तरह कटा हुआ है

रक्तदान शिविर सोलन की अग्रवाल सभा व युवा संगठन द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

सभा के प्रधान दिनेश गर्ग ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए संगठन द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया